कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें

प्रधानमंत्री ने कल कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की श्री मोदी ने घर घर जांच और निगरानी रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढाने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में ऐसे वेंटीलेटर पर गंभीर चिंता जताई जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटीलेटरों को लगाने और उनके इस्तेमाल की तत्काल जांच की जानी चाहिए

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि उचित दर की दकानों को महीने के सभी दिन खोला जाए और दिनभर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए मंत्रालय ने कहा कि इससे कोविड नियमों का समुचित पालन करते हए सभी लाभार्थी स्रक्षित और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अनाज ले सकेंगे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केन्द्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज निःशल्क उपलब्ध करा रहा है शहरी विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने आज नैनीताल जिले के कोविड केयर सेन्टर और वैक्सीनेशन केन्द्रों का निरीक्षण किया इस दौरान श्री भगत ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यो पर संतोष जताते हए जल्द ही जिले के द्रस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कैम्प लगाने के निर्देश दिये कोविड सहायता मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में सभी अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और अन्य संसाधन उपलब्ध है सरकार का प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराने का है उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की गति कुछ धीमी हुई है और पर्वतीय जिलों में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर ग्राम समितियां बनाई गई है और जिलाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये है यह बात आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न संघटनों की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदान की गयी सहायता प्रदान करने के दौरान कही इस दौरान हेमकंट फाउंडेशन की ओर से ऑक्सीजन कंसेंटेटर्स आक्सीजन सिलिंडर सहित अन्य सामान भेंट किया गया जिसे पहले चरण में चमोली और उत्तरकाशी जिलों में भेजा जायेगा इसके साथ ही फाउंडेशन द्वारा जल्द ही अन्य जिलों के लिए भी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स और अन्य सामान उपलब्ध कराया जायेगा

न्यायिक कार्य राज्य में कल से जिला न्यायालयों में आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किये जायेगें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसुचना में कहा गया है कि देहरादून की निचली अदालतों में केवल रिमांड जमानत व अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद सुने जाएंगे इसके अलावा अत्यंत आवश्यक वाद में सुनवाई का निर्णय जिला जज लेंगे

मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि मन को सकारात्मक और शरीर को कोरोना से मुक्त रखें हम जीतेंगे पाजिटिविटी अनलिमिटेड श्रंखला के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हालात कठिन हूँ लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में ही हम जीतेंगे मोहन भागवत ने कहा कि मौजूदा कठिन काल में दोष और गुणों को भुलाकर पुरे राष्ट्र को एक टीम के रूप में काम करना है

प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को घर पर ही दवाएं पहंचाने का कार्य किया जा रहा है

इस मेडिकल किट को कोरोना संक्रमित अथवा कोरोना संभावित लक्षणों वाले मरीजों को दिया जा रहा है

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में रेमडेसिविर की आवश्यकता और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके समग्र उत्पादन और आवंटन को बढ़ाया गया है श्री गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ाई में सहायता मिलेगी